इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जीएसटी का देशभर में लागू होना है उन्होंने आज राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों के स्वच्छ भारत मिशन डिजिटल लेन देन और कौशल विकास कार्यकमों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण मागीदारी हैं श्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधनों और क्षमताओं की कमी नहीं है जरूरत है कि समी मिलकर एक समान विकास के लिए कार्य करें दिनभर चलने वाली इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप राज्यपालों के अलावा केन्द्र सरकार के अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोघ किया है कि वे नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के महाप्रबंधकों को रख रखाव का काम एकीकृत ब्लॉक में करने का निर्देश दिया है ताकि रेलगाड़ियों के आने जाने में देरी न हो उर्न्होने कहा कि रेलगाड़ियों की समयबद्धता में सुधार किया जाना चाहिए और ऐसा करते हुए यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित नियमित रख रखाव प्रभावित नहीं होना चाहिए श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में उत्तर मध्य उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य रेलवे के कामकाज की समीक्षा की रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाप्रबंधकों से लम्बी अवधि के सप्ताहिक एकीकृत यातायात ब्लॉक की पूर्ण योजना बनाने को कहा है साथ ही इन्हें लागू करने से पहले इनका व्यापक प्रचार करने को कहा जिससे यात्रियों को ब्लॉक के बारे में पूरी सूचना मिले और उन्हें कोई असुविधा न हो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पंचायतीराज विभाग को हस्तांतरित विभागों के कर्मचारियों को स्थानांतरण में राहत दी है श्रीमती राजे ने तीन सदस्यीय मंत्रीमण्डलीय उप समिति की सिफारिश पर ये निर्देश दिये हैं कल जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार इन कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए उनके पैतक विमाग को पंचायती राज विमाग से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी

जयपुर के सीतापुरा में आज सिंधी समाज का राज्यस्तरीय सम्मेलन सिंधी महाकुंम आयोजित किया जा रहा है इसमें भाग लेने के लिए सिंधी समाज के लोग प्रदेशभर से आए हैं केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ कार्यकम में मौजूद है इनके साथ नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी शिरकत कर रहे हैं

बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कई स्थानों पर बिजली के खंबे गिर जाने से विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है कई सड़क मार्ग रेत की वजह से बाधित हो गए हैं आज आसमान में बादल छाने से गर्मी में थोड़ी राहत मिली है जैसलमेर में भी आज छठे दिन भी धूलभरी आंधियां चल रही है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिले के एक दर्जन से ज्यादा गांवों के सड़क मार्ग अवरूद्व हो गए हैं पेयजल और विद्युत आपूर्ति पर भी असर पड़ा है उधर मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आने वाली हवाओं की वजह से दिल्ली में धूल के कणों की मात्रा बढ़ जाने से वायु प्रद्षण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है वहां निर्माण कार्यों पर रोक आज भी लागू रहेगी